वे आज अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र सिराज की तुंगाधार पंचायत में जिला स्तरीय कुथाह मेले के समापन समारोह में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि जंजैहली जैव विविधता पार्क पर तीन करोड रुपए खर्च किए जाएंगे

जयराम ठाकर ने अपने स्कूल के दिनों को याद करते हुए कहा कि वे नियमित रूप से इस मेले में शामिल होते आए हैं उन्होंने जंजैहली में लोक निर्माण विभाग का मंडल कार्यालय खोलने की घोषणा की किशन कपूर खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने पर्यावरण संरक्षण के लिए घातक प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए सांझे प्रयासों की जरूरत बताई है धर्मशाला के मैकलोडगंज में पोलिथीन हटाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने कहा कि इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए अधिक जागरूकता फैलाई जानी चाहिए किशन कपूर ने यूवाओं से प्लास्टिक के कचरे को चिन्हित स्थान पर फैंकने का आहवान किया ताकि पर्यावरण स्वच्छ बना रहे उन्होंने कहा कि मैकलोडगंज अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है और यहां की स्वच्छता व्यवस्था पर खास ध्यान देने की जरूरत है बैठक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सुलेखा कुम्मारे ने आज केलंग में जिला अधिकारियों के साथ बैठक की इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जिले के मठों का दौरा कर उनकी समस्याओं का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर करने को कहा सुलेखा कुम्मारे ने कहा कि लाहौल स्पीति में पर्यटन की अपार संभावना है जिसके प्रचार प्रसार की जरूरत है उन्होंने ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को घाटी पहुंचाने के लिए अगले वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बौद्व शांति सम्मेलन जैसे कार्यक्रम आयोजित करने को कहा

उनके निधन पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने गहरा शोक व्यक्त किया है आचार्य देवव्रत ने कहा कि उर्मिला सिंह ने हिमाचल में अपने कार्यकाल के दौरान महिला सशक्तिकरण और समाज के उपेक्षित वर्गो के कल्याण के लिए कार्य किया मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने कहा कि उर्मिला सिंह द्वारा प्रदेश की राज्यपाल रहते हुए दिए गए योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी उर्मिला सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है मेंट भारतीय किसान संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष भगत राम पटियाल के नेतृत्व में संघ की मांगों को लेकर आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से शिमला में मुलाकात की इस दौरान उन्हें मांग पत्र भी दिया गया जिसमें किसानों के लिए दूध फल अनाज और सब्जियों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने प्रदेश में राज्य कृषि आयोग का गठन करने के अलावा जंगली जानवरों व आवारा पशुओं से फसलों को बचाने की उचित व्यवस्था करने की मांग की गई है सहजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने छात्रों से शिक्षा के साथ साथ खेलों को भी उचित समय देने का आग्रह किया है सोलन जिले में धर्मपुर के डगशाई स्थित एक निजी स्कूल के वार्षिक खेल दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये विचार व्यक्त किए